इनके अलावा एक एक ऑस्ट्रेलिया कनाडा कोलम्बिया फिनलैंड मलेशिया नीदरलैंड और स्पेन का है हाईसिस अनेक फ्रिक्वेंसियों से समूची पृथ्वी की तस्वीरें भेजेगा

सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने इस सफलता पर इसरो को बधाई दी है उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की यह बहुत बड़ी उपलब्धि है

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं मे सुधार के लिए नवीन पहल की है

इस मौके पर श्री रावत ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का विशेष फोकस है और प्रदेश के चिकित्सालयों में पचहत्तर प्रतिशत डाक्टरों की नियुक्तियां की जा चुकी है उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों मे आईसीयू जल्द बनाए जाएंगे

साथ ही सरकार सुशीला तिवारी अस्पताल मे जल्द ही बर्न यूनिट स्थापित करने जा रही है

उन्होंने बताया कि महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनायें संचालित की जा रही हैं इस मौके पर जनपद प्रभारी और शहरी आवास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि प्रदेश सरकार उत्तराखण्ड की अब तक की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम शुरू करने जा रही है

स्लग भूमि का निरीक्षण प्रदेश के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज हल्द्वानी में गौलापार स्थित अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम और तीनपानी पर प्रस्तावित आईएसबीटी भूमि का निरीक्षण किया इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि यह स्टेडियम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार बन रहा है अभी इस स्टेडियम में बहुत से कार्य अध्रे हैं

मुख्य सचिव ने वन भूमि पर बनने वाले आईएसबीटी स्थल का भी निरीक्षण किया उन्होंने बताया कि हल्द्वानी महानगर की जनसंख्या को देखते हुए और कुमाऊं का प्रवेश द्वार होने के नाते हल्द्वानी में आधुनिकतम आईएसबीटी का निर्माण किया जाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर प्रस्तावित आईएसबीटी के भूखण्डों पर जल्द ही अन्तिम निर्णय हो जायेगा भूमि चयन के बाद वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त करने के बाद निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा स्लग बैठक टिहरी टिहरी जिले में बादशाहीथौल स्थित श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय मुख्यालय में सभी निजी और सरकारी कालेजों के प्राचार्यो और निदेशकों की बैठक आयोजित की गई विश्वविद्यालय के कुलपति डा यूएस रावत ने बताया कि बैठक में परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए अब परीक्षा केंद्र बदलने का सुझाव रखा गया विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डा दीपक भट्ट ने कहा कि इसी वर्ष परीक्षा के दौरान उन्होंने हरिद्वार जिले के कालेजो में सामूहिक नकल पकड़ी ऐसे में उन्होंने परीक्षा केंद्र बदलने के सुझाव का समर्थन किया हालांकि कई कालेजों ने परीक्षा केंद्र बदलने को छात्रों के हित में नहीं बताया कॉलेजों के विरोध के बाद विश्वविद्यालय के क्लपति ने कहा कि सिर्फ उन्हीं कालेजों के केंद्र बदले जाएंगे जो पूर्व में विवादित रहे हैं या जहां पर नकल का मामला सामने आया है अन्य सभी कालेजों में सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा कराई जाएगी इस दौरान केंद्रों में पर्यवेक्षक भी तैनात किए जाएंगे और वे रिकॉर्डिंग में भी शामिल होंगे स्लग चकबंदी राज्य सरकार पहाड़ के किसानों को उन्नत किस्म के बीज मुहैया कराने के लिए पर्वतीय बीज विकास बैंक बनाने जा रही है वहीं फार्मर्स मशीन बैंक के माध्यम से कृषकों को मामूली किराए पर क्रषि उपकरण भी मुहैया कराने की योजना बनाई गई है साथ ही सरकार ऑर्गनिक एग्रीकल्चर एक्ट लाने की तैयारी भी कर रही है कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि चकबंदी के माध्यम से ही पहाड़ की खेती को बचाया और संवारा जा सकता है उन्होंने कहा कि चकबंदी से एक ही जोत होने से कम मेहनत के साथ ही ज्यादा उत्पादन मिलेगा कृषि मंत्री ने कहा कि पर्वतीय लोगों को सरकार चकबंदी के लिए जागरूक कर रही हैं उन्होंने बताया कि राज्य सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है जैविक खेती को चार हजार क्लस्टर में शुरू किया जा रहा है

जिसके लिए राज्य सरकार किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है

साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अंतिम प्रवेश अधिकतम सीमा निर्धारित करने के सीबीएसई के फैसले की वैधता से सबंधित मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगा उच्चतम न्यायालय ने नीट के लिए आवेदन की समय सीमा कल यानी शुक्रवार से एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दी है स्लग गौचर मेला राज्यस्तरीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक गौचर मेले का सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पुरस्कार वितरण के साथ समापन हो गया है मेले में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ जिनमें फूटबाल में गढ़वाल राइफ्लस विजेता टीम रही वॉलीबॉल में बीईजी रूड़की ने जीत हासिल की समापन के मौके पर विजेता के साथ ही उपविजेता टीम को भी पुरस्कृत किया गया वहीं बैडमिंटन मार्च पास्ट रस्साकस्सी फूड फेस्टिवल राइफल शूटिंग और शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने पर स्कूली बच्चों को भीपुरस्कृत किया गया विभागीय स्टॉल प्रदर्शनी में केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग ने पहला और उद्यान विभाग ने दूसरा स्थान प्राप्त किया

स्थानीय उत्पादों को बढावा देने के लिए मेले में लगाये गये सरकारी स्टालों में भी स्थानीय उत्पाद जैसे मंडुवे का आटा भंगजीरा गहत की दाल फरण सोयाबीन राजमा आदि की भी जमकर खरीदारी हुई इस बार मेले में उत्तराखण्ड की लोक संस्कृतिक के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के अनेक कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया मेले में पहली बार साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हॉट एयर बैलून प्रशिक्षण राज्य स्तरीय बाक्सिंग प्रतियोगिता कृश्ती दंगल फूड फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल आदि कार्यक्रमो का आयोजन किया गया